हरियाणा के सभी जिलों में शहीदों को श्रदवाजंलि अर्पित की गई

आज राष्ट्र स्वतंत्रता सैनानियों शहीद भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्वाजंलि भेंट की

उन्हें सज़ा की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई थी आज इस महत्वपूर्ण दिन के मौके पर पंजाब तथा देश के अन्य राज्यों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया शहीदों को श्रद्वाजंलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगत सिंह राजग्रू और स्खदेव की शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम मे एक ऐतिहासिक पल है संसद के दोनों सदनों द्वारा भी स्वतंत्रता सैनानियों को श्रदवाजंति दी गई हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि साम्हिक रूप से बैठक कर चर्चा करना व निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी की परम्परा रही है और प्रा मंत्रिमंडल एक ज्ट है

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एक आर्थिक और औद्योगिक पॉवर हब है

पंजाब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहीद भगत सिंह के पैत़क गांव खटकड़कलां में मनाया गया जहां पंजाब के म्ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंद्र सिंह ने इस दिन को युवा शक्ति दिवस मनाने की घोषणा की

इस अवसर पर सांसद रतन लाल कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे शहीदी दिवस पर हरियाणा के सभी जिलों में शहीदों को श्रद्वाजलि अर्पित की गई य्वाओं को देश भक्ति को भावना लाने और युवा शक्ति को सकारात्मक रूप से बरतने का आहवाण किया गया राष्ट् आज डॉ राम मनोहर लोहिया को भी उनकी जयंती पर श्रदवाजलि दे रहा है

वे एक समाजवादी राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सैनानी थे

डॉ ग्प्ता ने अधिकारियों को निदेश दिए कि वे जनता की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करे और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न करे

डा ग्प्ता ने कहा कि बेटी बचाओं बेटी बचाओ अभियान में सम्बधित विभाग तालमेल के साथ गंभीर प्रयास करे और कन्या भूण हत्या जैसी सामाजिक ब्राई को जड़ी से खत्म करने का कार्य करे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गरीबों के लिए चलाड़ जा रही सभी सरकारी योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए तहसील उप मंडल और जिला स्तर पर अंत्योदय केन्द्र खोले जायेंगे ताकि योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी संग से पहंचाया जा सके

उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों में सरल पोर्टल के तहत प्रदेश का गरीब से गरीब व्यक्ति अपने कल्याण उत्थान की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगा हरियाणा सरकार ने अधिशेष बाये मास से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा जैव ऊर्जा नीति जारी की है

इसके अलावा राज्य में लगभग एक हजार मैगावाट बिजली या साढ़े ग्याहर लाख टन सीएनजी उत्पन्न करने की क्षमता है